जिले में अपने पहले दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि वी के वी ने अरुणाचल में शैक्षणिक विकास के प्रति अपार योगदान दिया है उन्होंने कहा कि अरुणाचल में छत्तीस वी के वी स्कूल है और इन स्कूलों के सूचारु कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त कोष मुहैय्या कराया है श्री खांडू ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमलियांग निउसा कोलोरियांग और चायांगताचों में स्थित वी के वी के उन्नयन के लिए हर एक को पांच पांच करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जबकि बी ए डी पी के अंदर प्रदेश में चार और नए वी के वी स्कूल के निर्माण के लिए पंद्रह करोड़ रुपए दी गई है अन्य नए वी के वी का निर्माण लाजों नाफरा और मुक्तो में किया जाएगा मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने राजकीय पोलिटेक्निक के निर्माण के लिए प्ररी सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिनि को एक पर्यटल स्थल बनाने के लिए दो लेन वाली रोईंग अनिनि राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाएगी बाद में अलग से हुई जन सभा में श्री खांडू ने अनिनि विधानसभा क्षेत्र से छियानवें सदस्यों को भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया पार्टी में शामिल नए सदस्यों में जिला परिषद अध्यक्ष दिपेन मोलो सहित कई पंचायत और जन प्रतिनिधि है

श्री मिश्रा ने प्रदेश के युवाओं को पूर्व भर्ती प्रशिक्षण देने के लिए बॉल ऑफ फायर डिविजन के प्रयासों की भी सराहना की राज्यपाल ने ये बात कल वेस्ट कामेंग जिले में रुपा में बॉल ऑफ पायर डिविजन के जनरल ऑफिसर कमानडिंग मेजर जनरल आर के झा के साथ बैठक में कहीं बैठक के दौरान जनरल ऑफिसर कमानडिंग ने राज्यपाल को अपनी डिविजन की प्ररी परिचालन की तैयारियां और सभी भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए अपने सैनिको के पूर्ण संकल्प का आश्वासन दिया बैठक में विधान सभा अध्यक्ष टी एन थोंगडोक भी उपस्थित थे दौरे के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान में बौद्ध शिक्षा पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल राष्ट्रीय नेशनल डी वर्मिंग डे का शुभारंभ किया गया

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के हर एक बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर के लिए प्रत्येक बच्चे को डी वर्मिंग टेबलेट मुहैय्या कराने के प्रति प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति षी चिन फिंग को दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर बधाई दी है चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीइबो पर कल पोस्ट किए गए संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्हे उम्मीद है कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे ले जाने के लिए श्री षी के साथ मिलकर कार्य करेंगे चौसठ वर्षीय षी को चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी में पिछले सप्ताह लगभग तीन हजार प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से चुना था इससे पहले एनपीसी ने श्री चिन फिंग को आजीवन राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ करने के लिए राष्ट्रपति के लिये दो कार्यकाल की सीमा हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था नाहरलगुन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य प्रशिक्षण केंद्र में नवनियुक्त नर्सों के लिए कल से नवजात और बचपन की बीमारी के एकीकृत प्रबंधन पर आठ दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए परिवार कल्याण निदेशक डॉ के लेगो ने कहा कि राज्य में शिशू मृत्यु दर अभी भी ज्यादा है उन्होंने कहा कि नर्सों को नवजात शिशुओं की देखभाल करनी चाहिए भले ही शिशु का जन्म संस्थान में हुआ हो या घर में

लोअर दिबांग वैली जिला पुलिस और अधिकारी दल द्वारा कल शान्तिपुर क्षेत्र में छापे के दौरान कई फार्मासी और दुकानों से बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाइया और ग्रोसरी सामान जब्त किया गया छापे के दौरान दल ने दो फार्मासी और बीस द्रकानो से कई एक्सपाइर सामग्री जब्त किये जों बेचने के लिए स्टॉक में रखा गया था दल ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी दाम्ब्रक विधायक ग्रम तायेंग ने कल लोअर दिबांग वैली जिले के अंदर दाम्ब्रक से रोईंग के बीच चलने वाली अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा बस को हरी झंडी दिखाई इस बस सेवा के शुभारंभ से दाम्बुक के लोगों को रोईंग में सफर करने और वापस आने में बड़ी राहत मिलेगी

आज का अधिकतम तापमान इकत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया